नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरा देश आज जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी यह एक स्वैच्छिक अभियान है जो सुबह सात बजे से शुरू हुआ और रात नौ बजे तक चलेगा इस दौरान सार्वजनिक परिवहन बंद है या कहीं कहीं सीमित तौर पर चल रहा है आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को छोड़ कर सभी बाजार और दुकानें बंद हैं विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि लोग अपने घरों में ही है और अभियान को सफल बना रहे है

इधर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों और अनेक संगठनों ने जनता कर्फ्यू को समर्थन दिया राजस्थान व्यापार दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर कुमार टांक ने कहा कि प्रदेश के सभी व्यापारी जनता कर्फ्यू के समर्थन में देश के साथ है राजस्थान कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरबी पुरी ने जनता कर्फ्यू का समर्थन किया और कहा कि आवश्यक सेवा के तहत दवाईयों की दुकानों को खुला रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आवश्यक सेवाओं से जुडे लोगों का आभार व्यक्त करने की भी अपील की थी प्रधानमंत्री की इस अपील का भी प्रदेशभर में व्यापक असर देखा गया

बड़ी संख्या में लोगों ने ताली बजाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किये

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देश ने एक मन से धन्यवाद दिया है श्री मोदी ने कहा कि ये धन्यवाद का नाद है और इसके साथ ही हम एक लम्बी लड़ाई के लिए अपने आपको सोशल डिस्टेंसिंग के बंधनों में बांध लें

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस सम्बन्ध में सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस के जरिये विस्तृत विचार विमर्श जारी है इस बीच राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन का फैसला लिया गया है उन्होंने कहा कि सभी की सजगता सतर्कता और सहयोग से इस पर जल्दी काबू पा लिया जायेगा

बाकी सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबन्ध रहेगा इन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी घर से कार्य कर सकेंगे इस दौरान उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी इस बीच राज्य की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं

परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि अस्पतालों रेल्वे स्टेशन और हवाई अड्डों के बाहर सीमित संख्या में ऑटो रिक्शों को अनुमति दी जायेगी इधर पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने भी पुलिस को कोरोना की रोकथाम के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये हैं

इसमें संदिग्ध मामलों की स्क्रीनिंग के डेढ हजार रुपये और प्रष्टि के परीक्षण के लिए तीन हजार रुेपये शामिल हैं

आज सुबह चार बजे से पहले रवाना हुई रेलगाडियों को आगे की यात्रा पर जाने दिया जाएगा देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाडियों की सेवा जारी रहेगी

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक समिति के सह अध्यक्ष बनाये गये हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया को सदस्य के रूप में समिति में शामिल किया गया है डॉ गुलेरिया ने आकाशवाणी के एक कार्यक्रम में कोरोना वायरस पर एहतियात के बारे में बताया

लोगों को भीड़ से बचने को कहा गया है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्ति को दूसरों के निकट सम्पर्क में न जाने की सलाह दी गई है